झारखंड सरकार ने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नदी और तालाबों के घाटों पर छठ पूजा करने की इजाजत दे दी है राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता की उपस्थिति में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्यों की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पूजा के सुरक्षित आयोजन को लेकर कई निर्देश दिये गये हैं

राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार छठ पूजा के दौरान लोगों को नदी तालाब डैम झील में एक दूसरे से छह फीट की रखनी होगी दूरी मास्क पहना आवश्यक होगा जबकि सार्वजनिक स्थानों और जलाशयों में थूकना मना रहेगा वहीं जलाशयों के किनारे स्टॉल नहीं लगाने के निर्देश दिये गये हैं सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी पर रोक रहेगी और संगीत या मनोरंजन के कार्यक्रम भी नहीं होंगे छठ समितियों से प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुपालन में सहयोग करने को कहा गया है लोक आस्था और सर्योपासना का महापर्व छठ आज नहाय खाय के साथ शरू हो जाएगा कल खरना अनुष्ठान होगा

महापर्व को लेकर श्रद्वालु तैयारी में जुट गये हैं इधर राजधानी रांची सहित राज्य के तालाबों और डैमों की साफ सफाई में भी लोग जुटे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद रांची के वार्ड सैंतीस स्थित मलार कोचा में छूटे हुए लोगों का आधार और राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया कल शुरू कर दी गई है इसके लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री को उपायुक्त ने अवगत कराया कि राशन और आधार कार्ड उपलब्ध कराने के लिए खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी प्रतिनिय्क्त किया गया है साथ ही मलारकोचा के योग्य लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का काम शुरू कर दिया गया है मुख्यमंत्री को वीडियो साझा कर जानकारी दी गई थी कि मलारकोचा के लोग राशन और आधार कार्ड से वंचित हैं

मामले की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर सभी परिवारों को उचित मदद एवं सरकारी अधिकारों से जोड़ते हुए सूचित करने का आदेश उपायुक्त को दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद की है उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो देश आतंकवादियों को संरक्षण और मदद दे रहे हैं उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए

श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि रूस के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने नेतृत्व में भी इस नीति को और आगे बढ़ाएगा उन्होंने कहा कि भारत जब ब्रिक्स का नेतृत्व संभालेगा तो डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और पारपरिक दवाओं को ब्रिक्स देशों में बढ़ावा देगा प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अपने मजबूत औषधि क्षेत्र की बदौलत भारत कोविड महामारी के प्रकोप के दौर में डेढ़ सौ से अधिक देशों को दवाएं उपलब्ध कराने में सफल रहा

डीजीपी एमवी राव और सीआईडी के एडीजी अनिल पाल्टा ने सीआईडी के नए नेवी ब्लू जैकेट का कल राजधानी रांची में लोकार्पण किया इस जैकेट के आगे झारखंड प्रलिस का लोगो और पीछे झारखंड सीआईडी लिखा हुआ है अनुसंधान तलाशी गिरफ्तारी के दौरान सीआईडी की टीम को यह जैकेट पहनना अनिवार्य है इससे आम लोगों में पुलिस के प्रति सकारात्मक छवि बनेगी वहीं कर्तव्य निर्वहन के दौरान सीआईडी की टीम को विशेष सहूलियत भी होगी गिरिडीह में सखी मंडल की दीदियों द्वारा अगरबत्ती बनाई जा रही

वरीय आइएएस अधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रधान सचिव रह चुके सुनील कुमार वर्णवाल को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है उनके साथ ही कुल सात आइएएस और आइपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की अनुमति मिली है सुनील वर्णवाल को छोड़कर बाकी सभी दूसरे राज्यों से हैं केंद्रीय कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित अधिसुचना जारी कर दी है

राज्यभर में अबतक मिले एक लाख छह हजार चार सौ इकानबे संक्रमितों में से एक लाख दो हजार आठ सौ इकानबे लोग स्वस्थ हो चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर दो हजार छह सौ उनहतर रह गयी है राज्यभर में कल दो सौ इकसठ नये कोरोना संक्रमित मिले हैं जबकि तीन सौ तैंतालीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गयी है पूर्वी सिंहभूम जिले में कल तीन संक्रमितों की मौत के बाद राज्यभर में मरनेवालों की संख्या बढ़कर नौ सौ इकतीस हो गयी है निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड की गिरती वित्तीय हालात को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इस बैंक के कामकाज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है आरबीआई ने बताया कि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह रोक लगाई गई है जो तीस दिन तक लागू रहेगी

आरबीआई के अनुसार लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय हालात निरंतर गिर रही है और पिछले तीन साल से यह घाटे में चल रहा है राजधानी रांची जमशेदपुर सहित झारखंड में लक्ष्मी विलास बैंक की चार शाखाएं हैं जिनमें पैंतालीस हजार से अधिक खाताधारक हैं ग्रामीण विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपविकास आयुक्तों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ दीदी बाड़ी योजना की समीक्षा की इस क्रम में सचिव योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए इस दौरान उन्होंने मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की सचिव ने मनरेगा के अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट सोख्ता गड्ढा रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजनाओं को अविलंब पूरा करने के निर्देश दिए लोहरदगा जिले के पेशरार थाने से एक किलोमीटर की दूरी पर ओनेगड़ा नदी में ढाई करोड़ की लागत से पुल निर्माण कार्य में लगे पोकलेन को नक्सलियों ने कल शाम आग लगा दी इसके साथ ही एक ट्रैक्टर को भी फूंक दिया पेशरार थाना प्रभारी हरिऔध करमाली ने घटना की पुष्टि की है

उधर दो दिन पहले माओवादियों ने पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर एक ग्रामीण की हत्या कर दी थी खूंटी जिले में कल अलग अलग थाना क्षेत्रों में विभिन्न हादसों में चार लोगों की मौत हो गयी

इधर तोरपा थाना क्षेत्र के मनहातू में तालाब में नहाने के क्रम में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी उधर अड़की थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन के धक्के से एक व्यक्ति की मौत हो गयी वहीं एक अन्य सड़क दुर्घटना में रांची के रहनेवाले एक वृद्ध की मौत हो गयी खूंटी सदर अस्पताल में चारों शवों का पोस्टमार्टम कर सभी शव परिजनों को सौंप दिए गए और आईये अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्य सरकार द्वारा छठ पूजा को लेकर जारी संशोधित दिशा निर्देश को सभी अखबारों ने प्रमुखतासे प्रकाशित किया है घाटों पर छठ प्रजा की मिली छूट नयी गाइडलाइन जारी शीर्षक से प्रभात खबर ने प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित किया है जबकि दैनिक जागरण ने लिखा है नदियों और तालाबों के घाटों पर भी कर सकेंगे छठ पूजा रांची एक्सप्रेस का शीर्षक है छठ घाट पर जाने की सशक्त छूट रिजर्व बैंक से झारखंड को स्टेट डेवलपमेंट लोन के तहत छब्बीस सौ करोड़ की राशि मिलने की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पत्रे पर प्रकाशित किया है एचईसी के दो हजार से अधिक कामगारों को आज बोनस दिये जाने की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जगह दी है अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन के संबोधन को प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है आतंक का समर्थन करनेवालों को दोषी ठहराया जाना चाहिए